कल सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में जारी आर्थिक सुधारों की जानकारी दी और विकास के लिए भारत की प्रतिबद्दता का उल्लेख किया श्री कोविंद आज सुबह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न पहुंचे विक्टोरिया की गवर्नर लिंडा डेसौ ने उनकी अगवानी की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत रिक्षा और ज्ञान को साज्ञा करने की विशेष प्रतिज्ञा से बंबे हैं ये आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न विश्वविद्यालय में ऑस्ट्रेलिया मारत ज्ञान की साझेदारी पर विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात की पचासवीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी इस मासिक कार्यक्रम के जरिए विभिन्म महत्वपूर्ण मुद्दे उगते रहे हैं प्रवानमंत्री ने पिछले साल जुलाई में इस कार्यक्रम में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के बारे में भी अपने विचार साझा किए थे पिछले साल तीस जूलाई को प्रघानमंत्री ने लोगों से जीएसटी के संबंध में अपने विचार रखे थे उन्होंने कहा था यह सिर्फ एक कर सुधार नहीं है श्री मोदी ने कहा था कि अब व्यापार करना अधिक आसान हो गया है और ग्राहकों का भी व्यापारी के प्रति भरोसा बढ़ने लगा है जीएसटी के फायदे दिखने लगे हैं और मुझे बहुत संतोष होता है खुशी होती जब कोई गरीब मुझे विद्वी लिखकर के कहता है कि जीएसटी के कारण एक गरीब की जरूरत की चीजों में पैसे दाम कम हुए है चीजें कैसे सस्ती हुई है

सबमूव में उसने हमारे अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव और बहुत ही कम समय में उत्पन्न किया है जिस तेजी से समूथ ट्रांजेक्शन हुआ है इसने पूरे देश में एक नया विश्वास पैदा किया है इतने बड़े विशाल देश में उसको लागू करना और सफलताप्रवक आगे बढ़ना यह अपने आप में सफलता की बहुत बड़ी ऊंचाई है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कोत देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीघे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में लोगों ने पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान कर के पूजा पाठ तथा दान पृण्य किया विभिन्न नदियों के तटों पर कार्तिक पूर्णिमा पर लगे मेलों में भारी संख्या में श्रद्वालु जुटे अयोध्या में आज कार्तिक पूर्णिमा पर कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने सरयू नदी में स्नान किया पूर्णिमा स्नान के साथ ही वहां एक महीने से ठहरे कल्पवासियों ने अपने अपने घरों को प्रस्थान किया अयोध्या के मंदिरों में आज शाम देव दीपावली मनायी जा रही है बलिया में गंगा और तमसा नदी के संगम पर आज भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने स्नान किया और बाद में महर्षि भृगु तथा बालेखर मंदिर में पूजा अर्चना की आज ही से वहां लगने वाला दरी मेला भी शुरू हो गया जौनपुर में गोमती नदी के विभिन्न घार्टो पर ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्दालुओं ने स्नान शुरू कर दिया इलाहाबाद में संगम पर और वाराणसी में आज गंगा स्नान के लिये श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ी इलाहाबाद और वाराणसी में भी आज देव दीपावली मनायी जा रही है मिर्जापुर में गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर भारी संख्या में लोगों ने स्नान किया तथा माता विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन किये मऊ में पौराणिक तमसा नदी तथा दोहरी घाट स्थित सरयू नदी के तट पर श्रद्वालुओं ने स्नान किया अमरोहा के गंगा धाम तिगरी में आज भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान कर के उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाया बिजनौर कानपुर कन्नौज में गंगा घाटों पर दोपहर बाद तक स्नान का सिलसिला चलता रहा गोरखपुर में राप्ती पीलीमीत में शारदा देवहा और गोमती नदी के विभिन्न घाटों पर लोगों ने स्नान किया तथा षण्डारों में प्रसाद ग्रहण किया आज ही गुरू नानक देव की जयंती भी मनायी गयी इस मौके पर गुरूद्वारों में सबद कीर्तन और गुरूवाणी के पाठ हुये विमिन्न स्थानों पर शोभायात्रायें निकाली गयीं तथा गुरूद्वारों में लंगर के आयोजन हुये इस वर्ष गुरूनानक देवजी की पांच सौ उनवासवीं जयंती मनायी जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरूनानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं